विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती सहित कई नेता जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जम्मू के कुुआ में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जनता ने भारी मतदान कर लोकतंत्र की ताकत को सिद्द किया है और आतंकवादियों के खिलाफ कडा संदेश दिया है प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मुरादाबाद में चुनाव रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज असम के सिलचर में रोड शो करेंगी

इस चरण में तमिलनाडु कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश असम बिहार ओडिसा छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर मणिपुर त्रिपुरा और पुद्दुचेरी में मतदान होगा

फेसबुक पोस्ट में कल उन्होंने कहा कि विपक्ष ने राफाल सौदे के बारे में फर्जी अभियान चलाया जिसमें कोई दम नही है

सोशल मीडिया मंचों से विश्व में रह रहे भारतीय समुदाय से बातचीत में श्रीमती स्वराज ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पहले दुनिया की पांच कमजोर अर्थव्यस्थाओं में शामिल थी लेकिन आज यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है

उडनदस्ते द्वारा नाकेबंदी कर वाहनों के निरीक्षण के दौरान यह राशि बरामद की गई

स्वीप गतिविधियों के तहत इसी क्रम में कल शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिला निर्वाचन कार्यालय और भारत स्काउट गाइड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हाल ही में आयोजित युवा महोत्सव के संभाग स्तरीय कलाकारों ने प्रस्तुतियां देकर मतदान की अपील की कार्यक्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान की शपथ भी दिलाई

देशभर में इसे राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आज सुबह संसद भवन परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर लोगों से डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और विचारों से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ बी आर अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि डॉ आम्बेडकर सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे बाबा साहब की जयन्ती पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है राजधानी जयपुर में अम्बेडकर सर्किल पर बाबा साहब की मूर्ति पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए दौसा में अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ

सवाईमाधोपुर में आज शोभायात्रा निकाली गई जो शहर के मुख्य मार्गो से होती हुई अम्बेडकर सर्किल पहुंची जालौर बीकानेर और अजमेर से भी अंबेडकर जयंती श्रद्धा के साथ मनाए जाने के समाचार मिले है

पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को हिरासत में लिया है मौके पर पुलिस आरएसी और एसटीएफ के जवानों को तैनात करने के बाद मामला शांत हुआ

गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद यह शिकायत सामने आई चिकित्सा अधिकारियों ने मौके पर पहंचकर जायजा लिया और भोजन के सैम्पल जांच के लिए भेजे

पुलिस मामले की जांच कर रही है

राज्य में कही कही धूलभरी आंधी और मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार है

इसके तहत जिलेभर के गांवों में किसान गोष्ठियां करवाई जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि इनमें खरीफ की मुख्य फसल नरमा कपास और ग्वार की बिजाई को लेकर किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है

करौली जिले के श्रीमहावीरजी में आज से भगवान महावीर का सालाना मेला शुरू हुआ